गूजरात में वलसाड जिले के जुजवा गांव में एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि आज उन्हें राज्य की उन महिलाओं से बातचीत का मौका मिला है जिन्हें प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजनाके तहत मकान मिले हैं मुझे आज एक प्रकार से आधेपौने घंटे में पूरे गुजरात की सैर करने का मौका मिल गया हर जिले में गया वहां कीमाताओं बहनों से बात करने का मौका भिला मैं बात तो सुनता था लेकिन मेरी नजर उनके घरपर थी कैसा घर बनाना है कि आपको लगता होगा कि क्या प्रधानमंत्री आवास योजना सरकारीयोजना के इतने अच्छे मकान भी हो सकते हैं क्या यह इसलिए संभव होता है क्योंकि कटकीकंपनी बंद है दिल्ली से एक रूपया निकलता है तो गरीब के घर में पूरे पूरे सौ पैसेपहुंच जाते हैं श्री मोदी ने कहा कि अब वे गरीबों को अपने सपनों का घर मिलने की बात सुन रहे हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि दो हजार बाईस तक हर देशवासी का अपना घर होनेका सपना पूरा होगा

प्रधानमंत्री ने अपने सपनों का घर मिलने पर लाभार्थियों को बधाई दी और उनसे बातचीत की हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत राज्य में बनाये गये एक लाख पन्द्रह हजार से अधिक मकान लाभार्थियों को आवंटित किये गये सरकार की महत्वाकांक्षी योजना का उद्देश्य सबके लिए आवास का सपना पूरा करना है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बौद्ध धर्म के अनुयायियों के पर्यटन को बढ़ावा देने में भारत की क्षमता के सीमित होने से सम्बद्ध मुद्दों को हल करने की जरूरत पर जोर दिया है राष्ट्रपति ने कहा कि सीमित शोध और व्याख्या तथा बौद्ध परिक्रमा के इतिहास की प्रस्तुति पर्याप्त रूप से न किये जाने जैसे प्रश्नों को हल करने की जरूरत है श्री कोविंद आज नई दिल्ली में एक अन्तर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन का उद्घाटनकर रहे थे इस अवसर पर राष्ट्रपति ने बौद्ध विरासत स्थलों के बारे में एक वेबसाइट का भी शुभारम्भ किया पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की अस्थियों का आज भारतीय जनता पार्टी की अस्थि कलश यात्रा के तहत देश भर की विभिन्न नदियों में विसर्जन किया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह ने कल नई दिल्ली में पार्टी की राज्य इकाइयों के प्रमुखों को श्री वाजपेयी की अस्थियों के कलश सौंपे हमारे लखनऊ संवाददाता ने बताया कि अस्थि कलशों के लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचने के साथ ही पूरा वातावरण अटल बिहारी अमर रहे के गगनभेदी नारों से गूंज उठा केन्द्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉ महेन्द्र नाथ पांडे के साथ विशेष विमान से अस्थियां लेकर लखनऊ पहुंचे जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों के साथ ही समस्त भाजपा नेताओं ने अस्थि कलशों को प्राप्त किया एयरपोर्ट से कलश यात्रा शुरू हो कर विभिन्न मार्गों से गुजरते हुए और भाजपा प्रदेश कार्यालय होते हुए झूलेलाल पार्क े पहुंची जहां सर्वलीय श्रद्वाजलि सभा के बाद स्वर्गीय वाजपेयी की अस्थियों को गोमती नदी में प्रवाहित किया जा रहा है प्रदेश विधानमण्डल का मानसून सत्र् आज पहले दिन दोनों सदनों में भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्वाजंलि देने के बाद सत्ताईस अगस्त तक के लिए स्थगित कर दिया गया

उन्होंने कहा कि अटल जी ने देश हित में कई बड़े निर्णय लिए उनके निधन से देश ने एक महान सपूत खो दिया विधानसभा अध्यक्ष हदयनारायण दीक्षित और नेता प्रतिपक्ष रामगोविंद चौधरी ने श्रद्वाजलि देते हुए स्वर्गीय अटल जी को सर्वमान्य नेता बताया केन्द्रीय मंत्री अरूण जेटली ने तीन महीने के बाद आज फिर से वित्त और कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय का पदभार संभाल लिया सूचना और प्रसारण मंत्री कर्नल राज्यवर्द्धन सिंह राठौर ने एक ट्वीट में श्री जेटली का स्वागत किया है श्री राठौर ने देश की सेवा के लिए आने वाले वर्षों में उनके स्वस्थ रहने की कामना की वरिष्ठ पत्रकार लेखक और मानवाधिकार कार्यकर्ता कुलदीप नैय्यरका आज नई दिल्ली में निधन हो गया प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और सूचना तथा प्रसारणमंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर ने उनके निधन पर दुख व्यक्त किया है